लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस चारों संसदीय क्षेत्रों में आयोजित करेगी जनचेतना यात्राएं मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की धूम आज भगवान माधवराय की मध्य जलेब का आयोजन मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि महिलाएं समाज और देश को बदलने की ताकत रखती हैं ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं हैं जहां उनका योगदान न हुआ हो प्रधानमंत्री आज वाराणसी में पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि महिलाएं रक्षा स्वास्थ्य और कृषि जैसे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर हमीरपुर की उपायुक्त ऋचा वर्मा द्वारा मासिक धर्म स्वच्छता जागरूकता और इसके पर्यावरण मित्र प्रबंधन पर सारांश रिपोर्ट भी जारी की इस बीच प्रदेशभर में आज महिला दिवस ध्रमधाम से मनाया गया इस दौरान जागरूकता रैलियों और मेलों सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

झण्डूता के विधायक जीतराम कटवाल ने इस मौके पर विकास परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया और कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में झण्ड्रता विधानसभा क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं सांसद अनुराग ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद थे

इन योजनाओं पर कार्य आरंभ कर दिया गया है और इनके पूर्ण होने पर किसान नकदी फसलों का उत्पादन कर अपनी आर्थिकी और मजबूत बना सकेंगे डाक्टर बिंदल आज नाहन विधानसभा क्षेत्र की क्यारी पंचायत के खांदा गांव में प्रवाह पेयजल योजना के शिलान्यास के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रदेश कांग्रेस राज्य के चारों संसदीय क्षेत्रों में जनचेतना यात्राओं का आयोजन करेगी

राठौर ने ये भी कहा कि पार्टी मंडी में युवा छात्र संगठन सम्मेलन और सिरमौर में अनुसूचितजाति सम्मेलन का आयोजन भी करेगी उन्होंने ये भी कहा कि कांगड़ा के बाद अब शिमला मंडी और हमीरपुर संसदीय क्षेत्रों में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की चुनावी रैलियां होंगी महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने आज मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में भगवान माधवराय की मध्य जलेब में हिस्सा लिया इस मौके पर महेन्द्र सिंह ने कहा कि देव समागम इस अनुठे महोत्सव में जहां श्रद्धालुओं को मंडी जनपद के देवी देवताओं के दर्शन करने का अवसर प्रदान होता है वहीं लोगों को छोटी काशी और इसके ग्रामीण क्षेत्रों के पारम्परिक संस्कृति की जानकारी भी मिलती है

वीरेन्द्र कंवर ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश सरकार इस साल के अंत तक हिमाचल को धुंआ मुक्त राज्य बनाने के प्रति वचनबद्ध है इसके लिए सरकार ने प्रदेश में हर पात्र परिवार को निशुल्क रसोईगैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है

सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से खासकर ग्रामीण प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलेगा